भारतीय जनता पार्टी ने आज से विजय संकल्प रलियों के माध्यम से प्रदेश के संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की शुरूआत की भाजपा अध्यक्ष अभित शाह ने आगरा में विजय संकल्प रैली करके पार्टी के प्रचार अभियान की शुरूआत की उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का गठबन्धन देश का भला नहीं कर सकता अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया गया उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बरेली में पार्टी प्रत्याशी संतोष गंगवार के समर्थन में चुनाव प्रचार किया पीयूष गोयल ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गाँव गरीबों और किसानों के लिए काम किया है उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जनता के मन की बात के आधार पर बनाया है केन्द्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा ने सम्भल जिले के पवॅासा ब्लाक क्षेत्र में एक कालेज में ॅआयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि आज प्रदेश ही नहीं पूरा देश विकास के पथ पर अग्रसर है भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी श्री नड़डा ने सम्भल से भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गौतमबुद्धनगर में अयोजित जनसभा में कहा कि देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और हमने पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक जीत हासिल की है इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कानपुर में उमा भारती ने मजफ्फरनगर में मुख्तार अब्बास नकवी ँने रामपुर में और अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के गन्ना किसानों के भुगतान में लापरवाही के आरोपों का जवाब दिया उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक सत्तावन हजार करोड़ रूपये से अधिक का गन्ना किसानों का भूगतान किया है जो कई राज्यों के बजट से ज्यादा है उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने औरैया जिले में आयोजित चूनावी जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश से भ्रष्टाचार आतंकवाद और गरीबी मिटाना चाहते हैं प्रदेश के मंत्रियों और नेताओं ने भी आज विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार किया

एक फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जाली और मनगढंत फोटो कॉपियां तैयार की और उन्हं भाजपा नता बी एस येदियुरप्पा की डायरी के पन्ने बताकर प्रचारित किया उ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है पार्टी ने आज रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा को पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को रामपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषणा की थी कि श्री मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे

इस चरण के लिए अब तक कुल तेईस प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किये हैं पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में मेतदान होगा वहीं दूसरे चरण के लिए छब्बीस मार्च तक नामांकन किये जायेंगे इस चरण में अब तक तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किये दूसरे चरण में अमरोहा अलीगढ़ मथुरा फतेहपुर सीकरी सीटों के साथ नगीना सुरक्षित बुलन्दशहर सुरक्षित हाथरस सुरक्षित आगरा सुरक्षित सीट पर अठठारह अप्रैल को मतदान होगा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर कल फतेहपुर सीकरी सीट के लिए नामांकन करेंगे पार्टी ने विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी

आयोग ने मीडिया को परामर्श जारी किया है जिसमें वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को पहली बार शामिल किया गया है

परामर्श में मतदान पूर्व सर्वेक्षण तथा बहस विश्लषण शामिल हैं आयोग का कहना है कि वह चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रसारण पर निगरानी रखेगा

इसके साथ ही पाँच आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है उपजिलाधिकारी शिकोहाबाद ने यह जानकारी दी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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर भारत को टीबी रोग से मुक्त कराने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आहवान किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें भारत को दो हजार पच्चीस तक टीबी रोग से मुक्त बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में एचआईवी से ग्रस्त लोगों के तपेदिक से मरने के मामले वर्ष दो हजार सत्रह तक चौरासी प्रतिशत कम हो गए थे संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के मुताबिक यह बीस से ज्यादा देशों में सबसे बेहतर प्रदर्शन है और वर्ष दो हजार बीस की समय सीमा से तीन वर्ष पहले ही हासिल की गयी उपलब्धि है इस कार्यक्रम के तहत एचआईवी ग्रस्त रोगियों के टीबी से मरने के मामलों में वर्ष दो हजार बीस तक पछत्तर प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में ऐसे मामले वर्ष दो हजार दस की तुलना में बयालिस प्रतिशत कम हो गए हैं

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में होली की पूर्व संध्या पर दो लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था तेरह वर्ष की रवीना और पन्द्रह वर्ष की रीना के अपहरण के बाद उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया यह घटना सिंध के घोट जिले के ढार्की कस्बे की है इस घटना के बाद पाकिस्तान में हिन्दू समुदाय ने व्यापक धरने प्रदर्शन किए हिन्दू समुदाय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का मांग कर रहा है

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय देश के वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए